तीन तलाक अध्यादेश को दोबारा जारी करने के सम्बध में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने स्वीकृति दे दी है यह अध्यादेश विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने तथा तीन तलाक की परम्परा को खत्म करने के लिये जारी किया गया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को दस फीसदी आरक्षण देने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की त्लना बाबा साहेब अम्बेदकर से की है आज हिसार में औड समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आये श्री मनोहर लाल ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षण देकर कर एक नई श्रूआत की है

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल के गांव द्धौला स्थित श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय में करीब सवा तीन करोड़ रूपये की लागत से बनी कौशल अकादमी का उदघाटन किया जिसमें य्वाओं को रोज़गार पर शिक्षा प्रदान की जायेगी म्ख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के बाद य्वाओं को रोज़गार की आवश्यक्ता होती है द्निया भर के देशों के सामने य्वाओं को रोज़गार प्रदान करने की च्नौतियां है

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के निर्माण में लगने वाले मजद्र काम करने के साथ साथ मान्यता प्राप्त श्रेणी के क्शल कामगारों के तौर पर सक्षम बनेंगे

मजद्रों के दक्ष बनाने और उनकी क्शलता बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालय की ओर से सर्टीफीकेट कोर्स बनाने की योजना बनाई गई है

जींद विधानसभा क्षेत्र के लिये होने वाले उप च्नाव के लिये उम्मीदवार कल सांय तीन बजे तक अपना नामांकन पत्र वापिस ले सकते है

उपायुक्त ने बताया कि उप च्नाव के दौरान गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री रोकने के लिये पांच टीमों का गठन किया गया है

हरियाणा च्नाव आयोग के सीईओ राजीव रंजन ने आज वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के उपायूक्तों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से मतदाता सूची व चूनावी सर्वेक्षण सबंधी विस्तार से चर्चा की उन्होने ब्रथ लैबल अधिकारी नियुक्त करने मतदाता सूची सर्विस वोटर च्नाव पाठशाला पोलिंग ब्थ स्टेशन की व्यवस्था रैम्प प्रोवाईड सहित चुनाव संबधी किये जाने वाले तमाम कार्यों के बारे सम्बन्धित उपायुक्तों से जानकारी हासिल की

पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक वी पी सिंह बदनौर ने श्री ग्रू गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव की बधाई देते हये सभी से आहवानकिया कि वे ग्रू जी के बताये गए लक्ष्यों व सिद्वांतो को अपनाएं उन्होंने कहा कि ग्रू गोबिंद सिंह जी की नीति आज के मौजूदा दौर में बेहद महत्वपूर्ण है उधर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी ग्रपर्व की बधाई देते हये कहा कि ग्रू गोबिंद सिंह जी महान शौर्य साहस क्बार्नी तथा देशभक्ति के साथ साथ रूहानी ताकत भी रहे है राष्ट्रपति राम नाम कोविंद ने भी दशम पातशाह के जन्मदिवस के मौके पर उन्हें श्रदवाजंलि दी अम्बाला शहर के विभिन्न ग्रूदवारों में भी आज ग्रू गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव प कीर्तन दरबार सजाए गए तथा ग्रू के अट्ट लंगर बर्ताया गया अम्बाला शहर के ऐतिहासिक ग्रूदवारा बादशाही बाग से सुबह से ही संगत ने ग्रूदवारा साहिब में शीश नवाया और मन्नते मांगी इस प्रकार अम्बाला शहर के ग्रूदवारा मंजी साहिब में भी दीवान सजाये गये यहांपर ग्रूपर्व के उपलक्ष्य में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया तथा मेडीकल कैम्प भी लगाया गया

इस नगर कीर्तन का विभिन्न स्थानों पर पंजाबी सम्दाय के लोगों ने स्टाल लगा कर अन्य लोगों को प्रसाद वितरित किया यम्ना नगर जिले में दशमेश पिता का प्रकाश पर्व जगाधरी बुडिया तथा अन्य गुरूदवारों में मनाया गया

श्री मोदी ने कहा कि खालसा पंथ के संस्थापक ग्रू गोबिंद सिंह जी मानवता के सिदवांतों के लिये समर्पित थे तथा अदम्य साहस और भरपूर ज्ञान के अवतार भी थे

महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा है कि दसवे ग्रू गोबिंद सिंह ने हमेशा अपने आदर्शो पर चलते हये धर्म की रक्षा के लिये अपने प्राण न्यौछावर कर दिये थे सोनीपत में ग्रदवारा श्री ग्रू सिंह सभा सुजान पार्क में कविता जैन ने कहा कि ग्रू गोबिंद सिंह जहां विश्व की बलिदानी परम्परा में अद्वितीय थे वहीं वे स्वयं एक महान लेखक मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के जाता भी थे

हरियाणा में आज लोहड़ी का पर्व भी मनाया जा रहा है इस अवसर पर लगभग सभी स्थानों पर लड़कों के साथ लड़कियों की लोहड़ी भी मनाई जा रही है राज्यपाल सत्यदेव नारायण और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति के पवित्र पर्व पर हार्दिक बधाई और श्भकामनायें दी राष्ट्रपति राम नाम कोविंद ने लोहड़ी के त्यौहार मंकर संक्राती तथा अन्य त्यौहारों के मौके पर देश के लोगों को श्भकामनाएं दी अम्बाला जिला प्रशासन व प्लिस प्रशासन ने हर्बल पार्क के जनदीक आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में लोहड़ी पर्व पट पंजाबी गीतों पर जमकर मस्ती की

हरियाणा सरकार सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेगी कि जेल में ही अदालत स्थापित की जाये हरियाणा के डीजीपी बी एस संधू स्रक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेनेके लिये आज रोहतक पहुंचे उन्होंने प्लिस के आला अधिकारियों के साथ स्रक्षा व्यवस्था की समीक्षा की पंचक्ला के साथ सीबीआई अदालत ने छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है

भिवानी जिला के बवानीखेड़ा कस्बा में आज डंपर व बाइक की टक्कर होने से बाइक सवार पति पत्नी व उनके एक भतीजे सहित तीन लोगों की मौत हो गई